क्रषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों को वृद्वास्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को साठ वर्ष की आयु का होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रूपये पेंशन दी जाती है श्री तोमर ने बताया कि पेंशन भोगी की मृत्यू की रिथिति में उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में इसकी पचास प्रतिशत राशि दी जाती है उन्होंने बताया कि पेंशन निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करता है अनुराग ठाकुर बैंक वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने राज्यसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी सेवाओं में सुधार करना है सदन में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इससे किसी की नौकरी नहीं जायेगी बल्कि बैंक कर्मचारियों को लाभ होगा श्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बारे में सभी तीन समितियों ने विलय की सिफारिश की थी उन्होंने कहा कि विलय के कारण किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए पर्याप्त एहतियात बरती जा रही है

एक वोट अमान्य हो गया

इस दौरान वे स्थानीय पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित पंचायत राज सम्मेलन और पंचायत सचिवालय पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कृषि मंत्री सचिन यादव स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे हाल ही हुए उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने विजय हासिल की थी

यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है इस त्रासदी में मारे गए लोगों की स्मृति में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल में हुई एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा में राज्यपाल लालजी टंडन गैस राहत और पुनर्वास मंत्री आरिफ अकील सहित कई मंत्रियों ने श्रद्वांजलि अर्पित की वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने संदेश में कहा कि लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रति हमेशा सतर्क और सजग रहे जिससे ऐसा दर्दनाक हादसा फिर कभी न हो वहीं राजधानी में तमाम गैस पीड़ितों संगठनों के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया इन संगठनों ने रैलियों पैदल मार्च के साथ साथ मानव श्रृंखला बनाकर और कैंडल मार्च निकालकर भी रोष व्यक्त किया

इसमें संघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के बारे में चर्चा की जायेगी

इन केन्द्रों मे समुदाय स्तर पर कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण प्रबंधन किया जाएगा